प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों के सदन से पारित होने की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे ये परियोजनाएं चार हजार दो सौ अंठावन करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन सौ पचास किलोमीटर सड़कों के निर्माण से संबंधित हैं प्रमुख सड़क परियोजनाओं में पटना रिंग रोड के उनतालीस किलोमीटर खंड को छह लेन का बनाने राष्ट्रीय राजमार्ग तीस पर आरा मोहनिया खंड को चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग इकतीस के बख्तियारपुर रजौली खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग एक सौ इकतीस ए के नरेनपुर पूर्णिया खंड को चार लेन का बनाने से संबंधित है इनसे राज्य को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास का रास्ता खुलेगा विशेषकर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ वस्तुओं और लोगों की आवाजाही बढ़ेगी प्रधानमंत्री ने वर्ष दो हजार पन्द्रह में बिहार में महत्वपूर्ण बुनियादी विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी इसमें चौवन हजार सात सौ करोड़ रुपये की पचहत्तर परियोजनाएं शामिल थीं इनमें से तेरह परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं अड़तीस का काम चल रहा है और अन्य विस्तृत रिपोर्ट या मंजूरी के विभिन्न चरणों में है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन पुल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे इनमें पटना में मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर चार लेन का प्रल कोसी नदी पर भी चार लेन का पुल और भागलपुर में मौजूदा विक्रमशिला सेतु के समानांतर चार लेन के पुल का निर्माण होना है ये परियोजनाएं पूरी हो जाने से बिहार में सभी नदियों पर उन्नत तकनीक से तैयार पुल होंगे और सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े और दुरूस्त कर लिए जायेंगे गंगा नदी पर कुल पुलों की संख्या सत्रह हो जायेगी राज्य की नदियों पर प्रत्येक पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर पुल होंगे प्रधानमंत्री ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे इसके तहत राज्य के पैंतालीस हजार नौ सौ पैंतालीस गांवों को अगले वर्ष मार्च महीने तक इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इस परियोजना पर केन्द्र सरकार छह सौ चालीस करोड़ रूपये खर्च करेगी इसके तहत प्राथमिक विद्यालय आंगनबाडी केन्द्र आशा कार्यकर्ता और जीविका जैसे सरकारी संस्थानों को निःशुल्क वाईफाई कनेक्शन मिलेंगे इस परियोजना से ऑनलाइन शिक्षा कृषि टेलीमेडिसिन टेली लॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा की डिजिटल सेवा नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध होगी इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान मूख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविशंकर प्रसाद गिरिराज सिंह राजकुमार सिंह जनरल वीके सिंह अश्विनी कुमार चौबे नित्यानंद राय उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित दो विधेयकों के संसद में पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी कदम बताया है श्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे क्रषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों और बिचौलियों से परेशान थे विधेयकों के पारित होने से किसान इन बाधाओं से मुक्त होंगे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 उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और सरकारी खरीद जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत है क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इन विधेयकों के पारित होने से किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी और इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पारित करने के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक शर्मनाक है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 श्री सिंह ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ विपक्ष का व्यवहार द्रखद है

उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वो अत्यधिक शर्मनाक था केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष को संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विपक्ष किसानों में गलतफहमी पैदा कर रहा है श्री सिंह ने कहा कि दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत के लिए क्रांतिकारी हैं उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति मंडी खत्म नहीं हो रही है बाईट यह दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक है इसे लागू करने से स्वामाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी पीएमसी समाप्त कर दी जाएगी हकीकत यह है कि दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है जहां पर भी उसे अच्छी कीमत मिले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा पूरा करने की दिशा में मोदी सरकार को अभी और भी काम करने हैं ये दोनों विधेयक इसी दिशा में कदम हैं केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आज से लोगों को कई और रियायतें मिलेंगी इन निर्देशों के तहत कक्षा नौ से बारहवीं तक के स्कूलों को आज से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गयी है हालांकि राज्यों को स्कूल खोलने संबंधी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है बिहार सरकार ने स्कूलों को खोलने के बारे में अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में कल होने वाली बैठक में कोई फैसला किया जायेगा वहीं अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के अनुसार आज से धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में सौ लोगों को एक साथ शामिल होने की अनुमति होगी ओपेन एयर थियेटर भी आज से खुल जायेंगे ये प्रावधान कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नहीं होंगे बोधगया रिथित महाबोधि मंदिर आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि तीस सितम्बर तक सुबह छह बजे से नौ बजे तक और अपराहन तीन बजे से शाम छह बजे तक तीन तीन घंटों के शिफ्ट में मंदिर खुलेगी उन्होंने बताया कि गर्भगृह में एक बार में अधिकतम दस लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गयी है विशेष मार्गों पर भारी मांग को देखते हये आज से बिहार से दस जोड़ी स्पेशल ट्रेन समेत देश के विभिन्न मार्गों पर बीस जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है जिन रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है उसके लिये एक और ट्रेन चलायी जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है इनमें से दस जोड़ी क्लोन ट्रेनों का परिचालन पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से निर्धारित दिनों को किया जायेगा मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सहरसा से दिल्ली के लिए प्रतिदिन जबकि मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए प्रत्येक रविवार को क्लोन ट्रेन खुलेगी इसी तरह जयनगर से अमुसर के लिए विशेष क्लोन ट्रेन मंगलवार शुक्रवार और रविवार को जबकि दरभंगा से अहमदाबाद के लिए प्रत्येक सोमवार को क्लोन ट्रेन खूलेगी मूख्य जन सम्पर्क अधिकारी ने बताया कि राजेन्द्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए विशेष सप्ताहिक ट्रेन रविवार को खुलेगी वहीं राजगीर से नई दिल्ली के लिए प्रतिदिन ट्रेन का परिचालन होगा उन्होंने बताया कि दानापुर से सिकंदराबाद के लिए भी प्रतिदिन विशेष क्लोन ट्रेन का परिचालन होगा दूसरी तरफ दानापुर से बेंगलुरू के लिए विशेष रेलगाड़ी प्रत्येक बुधवार को चलेगी पटना अहमदाबाद विशेष रेलगाड़ी का परिचालन प्रत्येक बुधवार को जबकि न्यूजलपाईगुड़ी अमृतसर के लिए साप्ताहिक ट्रेन शुक्रवार को प्रस्थान करेगी कटिहार से दिल्ली के लिए साप्ताहिक क्लोन ट्रेन का परिचालन प्रत्येक शुक्रवार को होगा इन रेलगाड़ियों में हमसफर एक्सप्रेस रेक होगा और इनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा इन रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की अवधि दस दिनों की होगी पूर्व मध्य रेल ने पाटलिपुत्र सहरसा इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से रद्द करने का फैसला किया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि तकनीकी कारणों से यह ट्रेन रद्द की गयी है दरभंगा हवाई अड्डे से दिल्ली मुम्बई और बेंगलुरू के लिए आठ नवम्बर से हवाई सेवा शुरू होगी उड़ान योजना के तहत स्पाईस जेट ने कल रात से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है गौरतलब है कि पिछले दिनों उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नवम्बर महीने के पहले सप्ताह से दरभंगा से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी बिहार एक दिन में देशभर में कोविड उन्नीस के सबसे अधिक नमूनों की जांच करने वाला राज्य बन गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उन्नीस सितम्बर को रिकॉर्ड एक लाख छिहत्तर हजार पांच सौ ग्यारह नमूनों की जांच की गयी इससे पूर्व छह सितम्बर को राज्य में अधिकतम एक लाख तिरपन हजार तैंतीस सैम्पल की जांच हुई थी राज्य में अब तक सतावन लाख तीन सौ छत्तीस कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव छह तीन प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख चौवन हजार चार सौ तैंतालीस है आठ सौ चौंसठ मरीजों की अब तक इस महामारी से मौत हो चुकी है वर्तमान में तेरह हजार दो सौ चौंतीस लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की खबर है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश को अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं पूर्वी चम्पारण और मुजफ्फरपुर जिले से पुलिस ने अस्सी लाख रूपये मुल्य की चरस के साथ आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर के गोला बांध रोड और पूर्वी चम्पारण के चकिया टॉल गेट के पास छापेमारी के दौरान ये बरामदगी हुई वहीं गोपालगंज के साध् चौक से कस्टम विभाग की टीम ने एक कन्टेनर से इकहत्तर लाख रूपये मूल्य की विदेशी सुपारी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल छह परिचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है सारण जिले के मशरक में गश्ती के दौरान एएसआई हरेन्द्र कुमार ने एक होमगार्ड जवान को गोलीमार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया घायल जवान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है सारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में डूबने से पांच लोगों की मौत हो गयी वहीं खगड़िया जिले के गोगरी और परबत्ता प्रखंड में डूबने की अलग अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत की खबर है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों के राज्यसभा से पारित होने और इस दौरान हुये हंगामे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है संसद की मर्यादा फेल कृषि बिल पास दैनिक जागरण ने लिखा है उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है उपसभापति पर हमला निंदनीय दैनिक भास्कर की सुर्खी है आज गांधी सेतु समानांतर पुल और पटना रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोविड उन्नीस संक्रमण से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों के सदन से पारित होने की सराहना की